मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई बैठक में दो वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन आगामी एक नवंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया इससे सोलह हजार से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी के स्वीकृत गौठानों को आजीविका से जोड़ने के लिए गोधन न्याय योजना का अनुमोदन किया राज्य में हरेली पर्व के दिन से इस योजना की शुरूआत होगी योजना के तहत गौवंशीय और भैंसवंशीय पशुपालकों से दो रूपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाएगी इस गोबर से बनने वाले वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से आठ रूपये प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी साथ ही लैम्पस और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अल्पकालीन कृषि ऋण के तहत सामग्री घटक में वर्मी कम्पोस्ट यानी जैविक खाद को भी शामिल करने का अनुमोदन किया गया

साथ ही दो माह तक के लिए वाहन और अनुज्ञा पत्र निष्प्रयोग में रखे जाने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को भी अस्थायी रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया है इसके अलावा पचहत्तर लाख बाजार मूल्य तक के आवासीय मकान या फ्लैट की बिक्री पर भी पंजीयन शुल्क में छूट का अनुमोदन किया गया संस्कृति विभाग के तहत संचालित सभी इकाइयों को एक रूप करने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई वहीं महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के दो नये पद के सूजन का अनुमोदन किया गया मंत्रिपरिषद ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन गैर रियायती और रियायती दरों पर आवंटित नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों में देय स्टाम्प शुल्क में छूट देने का भी निर्णय लिया है बैठक में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एपीएल श्रेणी के राशनकार्डो को छोड़कर अन्य राशनकार्डो पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्ड के समान ही जुलाई से नवंबर महीने तक हर माह पांच किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाएगा इसी तरह प्रति कार्ड एक किलो चना भी निःशुल्क मिलेगा

इसके अनुसार यदि अविवाहित शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके भाई या बहन अवयस्क हैं तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्यों को वयस्क होने पर नियुक्ति मिल सकेगी मंत्रिमंडल ने राज्य में सीधी भर्ती के सभी पदों पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया है वहीं नारायणपुर स्थित अशासकीय संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम के नैमित्तिक और आकस्मिक स्थापना के कर्मचारियों के नियमितीकरण की अनुमति भी दी गई साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग के कार्यकाल को आगे जारी नहीं रखने का फैसला लिया गया राज्य मंत्रिपरिषद ने बायो एथेनॉल उत्पाद इकाईयों की पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप पीपी मोड में स्थापना को विशेष प्रोत्साहन पैकेज में अनुमति दिए जाने का निर्णय भी लिया संसदीय सचिव शपथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पंद्रह संसदीय सचिवों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी शपथ ग्रहण के बाद संसदीय सचिवों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज पंद्रह संसदीय सचिवों ने शपथ ली विभागों की बंटवारा सूची के अनुसार स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ द्वारिकाधीश यादव को पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ विनोद चंद्राकर और गुरूदयाल सिंह बंजारे को परिवहन तथा आवास मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ चंद्रदेव राय और शिशुपाल सोरी को संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे के साथ शकृंतला साहू को और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ विकास उपाध्याय और चिंतामणि महाराज को संबद्ध किया गया है वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार के साथ अंबिका सिंहदेव आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ यूडी मिंज उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के साथ पारसनाथ राजवाड़े राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ इंदरशाह मंडावी नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत के साथ कुंवर सिंह निषाद महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया के साथ डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह और नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री शिवकुमार डहरिया के साथ रेखचंद जैन को संबद्ध किया गया है

अब तक सुकमा से अट्ठारह रायपुर से चौदह अंबिकापुर से बारह दुर्ग से दस और धमतरी जिले से दो नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है दुर्ग में आज जो दस कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उनमें अमलेश्वर स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के तीन जवान भी शामिल हैं अन्य मरीज धमधा विकासखंड के हैं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हर दिन करीब चार सौ सैंपल लिए जा रहे हैं वहीं धमतरी जिले में भी आज दो नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं नये मरीज मिलने के बाद सिविल अस्पताल के पास स्थित नेहरू गार्डन इलाके को कंटेन्मेंट जोन बनाया जा रहा है वहीं जिले में बीती रात आठ पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इन्हें मिलाकर बीते दो दिनों के भीतर मगरलोड थाने में पदस्थ दस पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं इसके बाद से मगरलोड थाने को सील कर दिया गया है और इस थाने का कामकाज अब बड़ीकरेली पुलिस चौकी से संचालित हो रहा है बीते चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल एक सौ चौरासी नये मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें राजनांदगांव जिले के आईटीबीपी सोमनी में पदस्थ ग्यारह जवान सहित छब्बीस मरीज शामिल हैं वहीं कबीरधाम जिले में भी कोरोना संक्रमण के पांच नये मामले सामने आए हैं इनमें दो सैलून संचालक भी शामिल हैं रेड ऑरेंज जोन प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग ने रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की है इस सूची के अनुसार रायपुर शहर सहित एक सौ बारह विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है राजधानी रायपुर के पांच विकासखंड रेड जोन में हैं जबकि राजनांदगांव के सबसे अधिक नौ रायगढ़ और जांजगीर के आठ आठ विकासखंड रेड जोन में हैं वहीं सूची में बत्तीस विकासखंड ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं प्रति लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच दर कम होने की वजह से कुछ विकासखंडों को सक्रिय प्रकरण नहीं होने के बाद भी ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या इनके दोगुने होने की दर और प्रति एक लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच की ताजा स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह वर्गीकरण बीते बारह जुलाई तक की स्थिति के आधार पर किया गया है गौरतलब है कि इस सूची को प्रति सोमवार नये सिरे से वर्गीकृत किया जाता है कोरोना सतर्कता स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया है कि राज्य में हर दिन कोरोना संक्रमण के दस हजार नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए जल्द ही राजनांदगांव बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में तीन आरटी पीसीआर लैब की स्थापना की जाएगी राजधानी रायपुर में राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी जिलों में ट्रू नॉट विधि से कोरोना संक्रमण की जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी साथ ही श्री सिंहदेव ने कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सभी जरूरी संसाधन और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए इस बीच जांजगीर जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण के नमूनों की जांच की सुविधा शुरू हो गई है इस अस्पताल में नमूनों की जांच के लिए एक ट्रू नॉट मशीन स्थापित की गई है फिलहाल हर दिन बारह से पंद्रह नमूनों की जांच हो रही है वहीं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरगुजा जिले में आज और कल दो दिन लॉकडाउन घोषित किया गया है जिला प्रशासन ने लोगों से जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने और अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की अपील की है अंबिकापुर शहर में बीते दस दिनों के दौरान नौ कंटेन्मेंट जोन बनाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हाल ही में अंबिकापुर से जो नये मरीज मिले हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है इसी तरह कवर्धा नगर में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और एहतियात के मद्देनजर नगर पालिका कार्यालय को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना संक्रमण की महामारी दुनियाभर में बुरी तरह से फैलती जा रही है और निकट भविष्य मे हालात सामान्य होने के कोई आसार नहीं दिखते विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक टेड्रोस घेब्रियमान ने कहा है कि कई देशों में कोरोना की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है उन्होंने सभी देशों से व्यापक रणनीति बनाने का आह्वान किया है और कहा है कि नए मामलों में मोटे तौर पर आधे अमरीका में मिल रहे हैं

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं यह परिणाम सीबीएसई की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे मनरेगा रोजगार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत प्रदेश के सभी जॉब कार्डधारी परिवारों को उनकी मांग के अनुसार सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है इस संबंध में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है परिपत्र में बताया गया है कि राज्य में इस वर्ष कुल पांच लाख पंद्रह हजार दो सौ चालीस परिवारों को कम से कम सौ दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है विभाग ने जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना योजना बनाकर श्रमिकों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे अधिक परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया है इस दौरान यहां कुल पचपन हजार नौ सौ इकयासी परिवारों को मनरेगा के तहत काम दिया गया मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य इलाके में भारी बारिश और एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार के ऊपर एक चक्रवाती धेरा बना हुआ है साथ ही उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती घेरे के असर से राज्य के अधिकांश स्थानों पर कल बारिश होने की संभावना है वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य इलाकों में आज भी बदली छाई रही और रूक रूककर बारिश का दौर जारी रहा